विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल किन्नौर जिले के स्किबा में जनमंच की अध्यक्षता करेंगे सोलन जिले के नालागढ़ में होने वाले जनमंच में सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर सिरमौर ज़िले के नाहन निर्वाचन क्षेत्र के माजरा में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा चंबा जिले के कोहलड़ी में जनमंच कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का निपटारा करेंगे इसी तरह लाहौल स्पीति जिले के जिस्पा में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ऊना जिला के चिन्तपूर्णी में कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा बिलासपुर जिले के कुठेड़ा में स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार कुल्लू जिले के मनाली में ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर व मंडी जिले के दंग में उद्योग मंत्री बिकम सिंह लोगों की समस्याएं सुनेंगे परिवहन व वन मंत्री गोबिन्द सिंह ठाकुर शिमला जिले के रोहडू उपमंडल के संदासू जबकि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल हमीरपुर जिले के नाल्टी में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इलैक्टॉनिक औषधालयों से दवाओं के बिकी नियमों का मसौदा जारी किया है इसका उद्देश्य देशभर में दवाओं की ऑनलाईन बिक्री का नियमन और विश्वसनीय ऑनलाईन पोर्टल से सही दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है इन मसौदा नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति पंजीकरण कराए बिना ई फार्मेसी पोर्टल से दवाओं की बिकी भंडारण या प्रचार नहीं कर सकता

ज़िला उपायुक्त ललित जैन ने नाहन में कल एक बैठक में बताया कि इससे जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से फसलों को हो रहे नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी बिलासपुर के अतिरिक्त ज़िला दण्डाधिकारी विनय कुमार ने पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए सभी को सामुहिक रूप से प्रयास करने पर बल दिया है बिलासपुर में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि अधिकांश लोगों को अभी भी ये जानकारी नहीं है कि इस आयु अवस्था में किस तरह के पोषण की आवश्यकता है जिस कारण अनिमिया के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाये हुए हैं हालांकि शिमला और इसके आसपास के क्षेत्रों में कल से रूक रूक कर हल्की वर्षा हो रही है कुल्लु से हमारे प्रतिनिधी ने बताया कि जिले के कई भागों में आज सुबह से हल्की वर्षा हो रही है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

पूर्व मुख्यमंत्री वीरमद्र सिंह की तबीयत बिगड़ने की खबर भी आज लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल लिखता है दिल्ली ले जाते समय वीरभद्र सिंह की तबीयत बिगड़ी पीजीआई में दाखिल दैनिक भास्कर के शब्द हैं वीरभद्र पीजीआई कार्डियक सैंटर में भर्ती हालत स्थिर

हिमाचल दस्तक की एक खबर है वाईल्ड फ्लावर हॉल की लीज बढ़ाने की तैयारी ईस्ट इंडिया होटलल्स में रिलायंस भी है अब पार्टनर अमर उजाला लिखता है जिला छोड़ने से पहले एसपी देंगे डीसी को जानकारी कानून व्यवस्था संभालने में दिक्कत का हवाला देकर की गई नई व्यवस्था

तपोवन विघानसभा भवन में चलाई जाए सीयू शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है केंद्रीय विश्वविद्यालय पर शांता कुमार का बड़ा बयान इलेक्शन का फैसला हाई कमान पर दैनिक जागरण के शब्द हैं शांता की दो टूक तपोवन विधानसभा परिसर में चले सीयू आपका फैसला ने लिखा है धर्मशाला विधानसभा भवन को केंद्रीय विश्वविद्यालय के हवाले करो मुख्यमंत्री सुशासन कार्यकम शुरू करेगी हिमाचल सरकार शीर्षक से दैनिक सवेरा टाईम्स लिखता है कार्यकम से होगी सीएम की घोषणाओं की निगरानी अखबार की एक अन्य खबर है शिमला कुल्लु और चम्बा में डॉप्लर राडार लगाने की कवायद बरसात की विभीषिका के बाद जागी सरकार

दैनिक जागरण अपने संपादकीय सेहत का साथ में लिखता है कि हिमाचल में बेशक मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ गई हो लेकिन अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार नहीं दिखता है